यह दिन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है

यह पुरस्कार प्राथमिक उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में उतकृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिया जाता है इस प्रस्कार की स्थापना उन्नीस सौ अनठावन में हुई थी जिसमें रजत पदक प्रमाण पत्र और पचास हजार रुपये नकद दिये जाते है इस वर्ष निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से शिक्षकों का चयन करने के लिए नये दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है पुरस्कार समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि समाज में शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका होती है श्री नायडू ने शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत और मित्रवत व्यवहार रखने को कहा उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है श्री नायड्र ने कहा कि शिक्षकों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगौर अरविन्दो और महत्मा गांधी ने शिक्षा का यही मूल सिद्धांत बताया है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रस्कार के लिए शिक्षकों का चयन उनके अच्छे कार्य निष्पादन के आधार पर किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों को बधाई दी है एक संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि गुरु शिष्य परम्परा भारतीय संस्कृति और विरासत की विशिष्ट पहचान रही है श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के मन और व्यक्तित्व को गढ़कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है

इस अवसर पर पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षकों के प्रयास से ही राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार देखा गया है उन्होंने कुरुंग कुमे जिले के सेवानिवृत शिक्षक निरंजन शाहु का जिक्र करते हुए कहा वे आज भी जिले में अपनी सेवा प्रदान कर रहे है राज्यपाल ने अभिभावकों राजनीतिक और शिक्षाविदों से राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सक्रिय सहभागिता पर जोर दिया

इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षामंत्री हुनचुंग ङानदाम विधायक दिकतो येकार राज्य की प्रथम महिला निलम मिश्रा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे मुख्यमंत्री पेमा खाण्ड्र ने केंद्रीय गृहमंत्रालय से राज्य में बाढ़ और सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लेने के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने का अनुरोध किया है सियांग नदी थाले में उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कल गृहमंत्रालय को पत्र भेजकर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की सियांग नदी थाले के कुछ इलाके बाढ़ से प्रभावित है जबकि कुछ क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति है

राज्यपाल ने प्राथमिक विद्यालयों से बूनियादी ढांचे की श्रुआत पर ध्यान केंद्रीत करने की सलाह दी उन्होंने मीड डे मील कार्यक्रम को सही मार्ग पर लाने पर जोर दिया श्री मिश्रा ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था एन आई टी जैसे प्रमुख संस्थानों की अध्यक्षों की गैर पोस्टिंग पर भी चिंता व्यक्त की राज्यपाल ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक अध्ययन समिति का गठन किया है जो जल्द ही अपना रिपोर्ट पेश करेगी असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में छत्तीस लोगों को ले जा रही एक मोटर चालित नाव पलट गइ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे है अभी तक दो लाशें मिली है और ग्यारह लोगों को बचा लिया गया है अधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इस नाव में यात्रियों के अलावा सामान और कुछ मोटरसाइकिले लदी थी यह गुवाहाटी से उत्तर गुवाहाटी जा रही थी ये दुर्घटना उस समय हुई जब इंजन फेल हो जाने से नाव एक खंभे से टकरा गई प्रशासन ने जानकारी के लिए दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए है